मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्णबंदी के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित प्रदेश वापस लाने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं लखनऊ में कल लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि वापसी के दौरान श्रमिकों को कोई असुविधा न हो मुख्यमंत्री ने प्रदेश लौटने वाले सभी कामगारों के स्वास्थ्य की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि जांच के बाद श्रमिकों को खाद्यान्न और भरण पोषण भत्ता देकर उनके घरों तक भेजा जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि लौटने वाले सभी प्रवासी कामगारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाये उन्होंने प्रदेश में आये प्रवासी कामगारों के रोजगार की व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये हैं इन कामगारों को मनरेगा एक जनपद एक उत्पाद योजना विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना महिला स्वयं सहायता समूहों डेयरी खाद्य प्रसंस्करण तथा गौ आश्रय स्थलों से जोड़ते हुए रोजगार देने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं पौध नर्सरी के माध्यम से भी रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी वंदे भारत मिशन के अंतर्गत बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सोलह भारतीय विद्यार्थियों को लेकर एयर इंडिया का विमान कल श्रीनगर पहुंचा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस कार्य में सहयोग के लिए एयर इंडिया नागर विमानन मंत्रालय आप्रवासन ब्यूरो और जम्मू कश्मीर सरकार को धन्यवाद दिया है डॉक्टर जयशंकर ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास और उनकी टीम के प्रयासों की प्रशंसा की है इससे पहले सिंगापुर से दो सौ चौंतीस भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की पहली उड़ान दिल्ली पहुंची प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के बीच अन्य राज्यों से लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है इस ऐप के माध्यम से श्रमिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिलेगी उन्हें उनके कौशल के मुताबिक रोजगार से सम्बंधित सूचनाए भी मिल सकेंगी और ब्यौरा हमारे संवाददाता से इस ऐप को राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से तैयार किया है और इसके जरिए प्रवासी मजदूरों से जुड़ा हर आंकड़ा इकद्वा किया जाएगा इस ऐप में आश्रय गृह में रह रहे लोगों की पूरी जानकारी रहेगी और साथ ही उन प्रवासी कामगारों का भी आंकड़ा रहेगा जो दूसरे राज्यों से आने के बाद अब अपने घरों में रह रहे हैं

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फसे प्रवासी श्रमिकों से एक बार फिर आग्रह किया है कि वे धैर्य रखें और पैदल यात्रा न करें उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समी श्रमिकों को सुरक्षित राज्य में वापस लाने के लिए संकल्पित है इसके लिए विशेष रेलगाड़ियों और बसों का प्रबंध किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कल हुई रेल दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दिवंगत श्रमिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की ट्वीट संदेश में उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है महाराष्ट्र में कल तड़के हुए रेल हादसे में सोलह श्रमिकों की मौत हो गयी थी और पांच अन्य घायल हो गये थे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये केन्द्र सरकार ने छब्बीस मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी इसके तहत पात्र लोगों को अप्रैल से जून के बीच हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलो खाद्यान्न दिया जाता है यह खाद्यान्न पात्र लोगों को मिलने वाले दो रूपये प्रति किलो की दर से तीन किलो गेहूँ और तीन रूपये प्रति किलो की दर से दो किलो चावल के अतिरिक्त है प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत इक्कीस लाख तीस हजार मीट्रिक टन चावल का आवंटन किया गया है भारतीय खाद्य निगम के उत्तर प्रदेश महाप्रबंधक गिरीश कुमार ने बताया कि प्रदेश के दो सौ दस डिपो के माध्यम से इस चावल का वितरण किया जा रहा है उन्होंने बताया कि प्रदेश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के एक सौ पचपन नए मामले सामने आए जिसके बाद राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर तीन हजार दो सौ चौदह पहुंच गया है अब तक बीमारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या एक हजार तीन सौ सत्तासी है जबकि छियासठ लोगों की मृत्यु हुई है प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार सात सौ इकसठ है आगरा में कल छत्तीस मरीजों में संक्रमण की पुष्टि ह्यी यहां रोगियों की संख्या बढ़कर सात सौ छः हो गई है गौतमबुद्ध नगर में अट्ठारह नए मरीज मिले जिसके बाद यहा संक्रमितों का आंकड़ा दो सौ ग्यारह पहुंच गया है मेरठ में बारह लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक सौ छियानबे हो गई है इसके अलावा मथुरा में कल नौ झांसी और संभल में पांच पांच ब्लंदशहर बादा में चार चार प्रयागराज बागपत मुरादाबाद में तीन तीन सीतापुर कानपुर मुजफ्फरनगर बहराइच जालौन और अमेठी में दो दो मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है फतेहपुर जिले में कल पहली बार कोरोना संक्रमण के दो नए मामले सामने आए हैं देश में कोविड नाइन्टीन से अब तक कुल सोलह हजार पांच सौ चालीस रोगी स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के दो सौ सोलह जिलों में अब तक संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया देश में कल कोरोना संक्रमण के तीन हजार तीन सौ नब्बे नए मामले सामने आए जिसके बाद कोविड नाइन्टीन से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर छप्पन हजार तीन सौ बयालीस हो गई है अब तक एक हजार आठ सौ छियासी रोगियों की मृत्यु हुई है सैंतीस हजार नौ सौ सोलह लोगों का इलाज चल रहा है दूसरे राज्यों से प्रवासी कामगारों को लेकर श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां प्रदेश पहुंच रही हैं गुजरात के वडोदरा से एक हजार दो सौ सत्तावन श्रमिकों को लेकर एक रेलगाड़ी कल जौनपुर रेलवे स्टेशन पहुंची गुजरात के सूरत से बारह सौ कामगारों को लेकर एक श्रमिक विशेष ट्रेन कल प्रतापगढ़ पहुंची सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच की गयी और विशेष बसों द्वारा उनके गृह जनपद भेज दिया गया पंजाब के जालंधर से एक हजार एक सौ अट्ठासी श्रमिकों को लेकर एक विशेष रेलगाड़ी कल अयोध्या पहुंची इस ट्रेन से अयोध्या अमेठी सुल्तानपुर अंबेडकरनगर बस्ती संतकबीरनगर गोण्डा और बहराइच के श्रमिक आए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई लॉकडाउन के कारण स्थगित दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं एक से पंद्रह जूलाई के बीच कराएगा श्री निशंक ने यह जानकारी कल एक वीडियो संदेश में दी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग सेत् निगम और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की ओर से मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड में पांच करोड़ रूपये की धनराशि जमा की उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस राशि का चेक भेंट किया श्री मौर्य ने बताया कि यह धनराशि इन विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के एक दिन के वेतन का योगदान है केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो का कल खंडन किया जिसमें दिखाया जा रहा है कि एयर इंडिया की एक विदेशी उड़ान में यात्री इस बात पर बहस कर रहे हैं कि एयरलाइन्स ने तीन गुना किराया भी लिया और सुरक्षित दूरी का ध्यान रखे बिना जहाज को यात्रियों से भर दिया पत्र सूचना कार्यालय र्ने एक ट्वीट में इस वीडियो को फर्जी बताया है नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि यह वीडियो एक पड़ोसी देश की एयरलाइन्स का है सरकार ने व्हाट्सएप पर किये जा रहे इस दावे का भी खंडन किया है कि मुंबई में दस दिन का मिलिट्री लॉकडाउन लागू होने वाला है पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि यह फर्जी संदेश है यह स्पष्ट किया जाता है कि शहर में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सेना या नौसेना का कोई भी जवान तैनात नहीं किया जा रहा है